मध्य प्रदेश उपचुनाव में मतदान के कुछ दिन शेष रह गए हैं वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ अधिकतम मतदान सुनिश्चित कराने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है हमारे शिवपुरी संवाददाता ने बताया कि नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में आमसभा में हिस्सा लिया उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को मताधिकार का उपयोग करना चाहिए

उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल में किये गये योजनाओं की जानकारी भी दी वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ग्वालियर के हजीरा में भाजपा प्रत्याशी प्रद्यमन सिंह तोमर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर ग्वालियर पूर्व और डबरा में प्रत्याशियों द्वारा सघन जनसंपर्क अभियान के साथ न्क्वड़ सभाओं का दौर भी जारी है

रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने और मृत्युदर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिल रही है जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अनिल सौमित्र ने कोरोना से बचने के लिए नागरिकों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है

इंदौर जिले के सांवेर में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेंहदी बनाकर मतदान का संदेश दे रहीं है स्वीप अभियान के तहत उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पाठशाला मतदाता शपथ जागरुकता होर्डिंग लगाना रैली निकालना और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं

खंडवा जिले की मांधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है देवास जिले के हाट पिपल्या विधानयसभा उपनिर्वाचन में मतदाता जागरूकता के लिए बोटर सेल्फी पावइंट बनाये गये हैं साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं

इस पुरस्कार के लिए नीमच जिले से उत्कृ ष्ट जिला जल संरक्षण कार्य एवं नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम की दोनों श्रेणियों में नामांकन प्रस्तुत किए गए थे केंद्रीय जांच दल द्वारा कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के बाद नीमच जिले को पुरस्कार के लिए चुना गया दुर्घटना उज्जैन उज्जैन के पास पंवासा थाना क्षेत्र के पांडयाखेड़ी चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार परिवार को टक्कर मार दी इस हादासे में तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई इलाज के दौरान बच्चों की मां ने दम तोड़ दिया

गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया है मौसम प्रदेश में रात के तामपान में लगातार हो रही गिरावट से ठंडक बढ़ती जा रही है लेकिन दिन में तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री अधिक बना हुआ है मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी होने और ठंडी हवाएं चलने के बाद ही प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आयेगी और दिन में तेज सर्दी पड़ने लगेगी अधिकांश संभागों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है और सभी जगह आसमान साफ रहने के साथ मौसम सामान्य बना हुआ है रीवा शहडोल सागर और ग्वालियर संभाग में सामान्य से अधिक और शेष संभागों में तापमान सामान्य बना हुआ है

केरल में सोने की तस्करी में कथित रूप से शामिल शिवशंकर को आज तिरुवनंतपुरम में प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में ले लिया नीमच में विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई स्वचलित थर्मल स्कैनिंग सह सैनेटाइजर मशन का जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोकार्पण किया है शहडोल जिले में स्वामित्व योजना के तहत तीन चरणों में सर्वे का काम किया जायेगा ग्वालियर जिले में जिला कलेक्टर ने धान के अवशेषों नरवाई को खेतों में ही जलाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है टीकमगढ़ जिले के सभी लोकसेवा केन्द्रों पर आयुषमान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा आज से शुरू कर दी गई है